राज्य सरकार के आग्रह पर विभिन्न राज्यों ने रेल परिवहन के लिए सहमति दे दी है

श्री अग्रवाल ने बताया कि आज कोटा से विद्यार्थियों को लेकर बिहार के सिवान के लिए रात आठ बजे और समस्तीपुर के लिए रात दस बजे ट्रेन रवाना होगी इसी तरह उदयपुर से गौरखपुर और बिहार और जालोर से उत्तरप्रदेश के लिए आज रात दस बजे ट्रेन रवाना होगी

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से नागौर के लिए ट्रेन की सहमति प्राप्त हो गई है जल्द ही इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा

रेलवे ने कल से आंशिक रेल परिचालन फिर शुरू करने की घोषणा की है

ये नई दिल्ली स्टेशन से डिब्र्गढ़ अगरतला हावड़ा पटना बिलासपुर रांची भुवनेश्वर सिकंदराबाद बंगलुरू चेन्नई तिरुवनंतपुरम मडगांव मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद और जम्मूतवी के लिए चलेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे श्री मोदी कोरोना वायरस महामारी से निपटने में देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए और रियायतें देने के बारे में भी विचार विमर्श हो सकता है

रेडियों की जनजन तक पहुंच होने के कारण शिक्षावाणी कार्यक्रम का प्रसारण लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों में पढाई की निरंतरता में आये गतिरोध को दूर करेगा जिनके पास रेडियो सेट नहीं है वे विद्यार्थी न्यूज ऑन एआईआर एप डाउनलोड कर आकाशवाणी के सभी प्रसारण सुन सकते है

आज इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए पूरा देश अपने आप को गोरवान्वित महसूस कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पोकरण परीक्षण एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व को दर्शाता है भारत पाक सीमा से लगते बीकानेर जिले में टिड्डी दल के हमले की आशंका को देखते हुए चौकसी बढा दी गई है

मौसम विभाग ने आज बीकानेर जयपुर अजमेर कोटा जोधपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है